कल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छः राज्यों में एक बड़ी ग्रामीण लोक निर्माण योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचा सृजित कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा शुरूआत में प्रधानमंत्री ने लददाख में सीमा की रक्षा करते हए शहीद हए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समूचा देश सेना और देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है अभियान की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि गरीब लोगों के कल्याण और उन्हें रोजगार देने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरूआत हई है उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जायेंगे उन्होंने कहा कि देश लोगों की जरूरतों से अवगत है और यह अभियान उनकी जरूरतों को पूरा करने का माध्यम है श्री मोदी ने तालाबंदी के बाद अपने गांव लौटे लोगों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले के गांव तेलीहार से रिमोट के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार अन्य मुख्यमंत्री और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद थे

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर इस पैकेज पर नजर रखी जा रही है

चण्डीगढ प्रशासन ने शहर के रिहायशी इलाकों में मकानों की छतों पर सौर उर्जा बिजली प्लांट लगाने की एक योजना को स्वीकृति दे दी है

यह परियोजना लाभार्थियों को सौंपने से पहले इस पर आने वाला रख रखाव का खर्चा कंपनी देगी

विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्री योग दिवस मनाया जायेगा इस वर्ष योग दिवस का थीम घर पर रहकर स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है इस बारे में तामिलनाड् में एक कालेज की छात्रा ने कहा कि उसे और उसके परिजनों को कभी भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि योग करने से उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्भकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित योग व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है इसलिए हमेंयोग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए

उन्होंने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा है कि विश्व के सभी डॉक्टरों व विशेषज्ञों ने माना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर ही कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है चूंकि आज प्ररा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है ऐसे में योग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है

इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घर पर रहकर परिवार के साथ योग रखा गया है

गतिविधियां आयोजन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया जायेगा प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय आयूष मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद योगाभ्यास को राजकीय योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य महाविद्यालय के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जायेगा

उन्होंने बताया कि जिले में योगाचार्य डॉ रामजीत पिछले एक महीने से प्रतिदिन गांव गांव जाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं उन्होंने कहा कि लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं

डॉ मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग विश्व गुरू बन पाया है परंतु कोरोना महामारी के दौरान योगा का स्वरूप बदल गया है

कार सवार दोनो युवक मौके से फरार हो गए पुलिस जांच अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कृण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस वे पर जोधपुर टोल के निकट कार को रोकने का इशारा किया लेकिन कार सवार दोनो युवक मौका देखकर भागने में कामयाब रहे

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है